वहीं मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार को गरीबों और किसानों की सरकार बताया

जीओएम उत्पीड़न केन्द्र ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा विधि सम्मत और संस्थागत ढांचे की जांच के लिए मंत्रिसमूह का गठन किया है इसके अध्यक्ष गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे मंत्रिसमूह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शामिल हैं यह समूह तीन महीने के अन्दर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा और अन्य अपेक्षित उपायों की सिफारिश करेगा एक सरकारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत बॉक्स की शुरूआत की है जिसके माध्यम से सभी महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा पाएंगी सोना जब्त इंदौर में राजस्व सूचना निदेशालय ने मुंबई से करीब छह किलो सोना लेकर इंदौर पहुंचे दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है दोनों को आज न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है दोनों के पास से करीब छह किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए थे इनमें एक महिला भी शामिल है दोनों यात्रियों के कब्जे से सौ सौ ग्राम सोने के बिस्किट करके कुल छह किलो सोना पाया गया है बरामद सोने की कीमत करीब दो करोड़ रूपये आंकी गई है अधिकारियों को आशंका है कि ये सोना खाड़ी के किसी देश से तस्करी कर लाया गया है कल देर रात तक दोनों आरोपियों से विमानतल पर ही पूछताछ जारी रही जिसके बाद दोनों को डीआरआई कार्यालय ले जाया गया देवकीनंदन ठाकुर प्रदेश में आगामी विघानसभा चुनाव के पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी चुनावी समर में उतरने के संकेत दिए हैं श्री ठाकुर की संस्था अखंड भारत मिशन के कार्यालय का कल राजधानी भोपाल में उद्घाटन हुआ इसी दौरान संस्था के पदाधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि अखंड भारत मिशन ने अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न के साथ मध्यप्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है

व्यवस्था जायजा खण्डवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने कल सिंगाजी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान प्रलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे कलेक्टर श्री गढ़पाले ने मेले में मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया

उन्होंने मतदाता जागरूकता के उदेश्य से संचालित बैलगाड़ी को निर्वाचन ध्वज दिखाकर रवाना किया स्पीप अभियान शहडोल जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये लगातार मतदाता जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है जहां आम मतदाताओं को जागरुक करने के लिये स्वीप प्लान के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं वहीं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिये निर्वाचन आयोग ने पिंक स्वीप की शुरुआत की है

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा द्वारा समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिये आइडिया मांगने पर कहा है कि प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए जनता के पास आने वाले चुनाव में भाजपा को हटाने का आइडिया है

उन्होंने भाजपा पर मध्यप्रदेश का खजाना खाली करने और विकास रोकने का भी आरोप लगाया

खजुराहो थाना अंतर्गत ग्राम खरोई में कल शाम करीब चार बजे दो मजदूर हरिचरण पटेल और रामप्रसाद कुशवाह एक कुएं के मलवे में दब गए थे दोनों मजदूर कुएं में काम कर रहे थे तभी मिट्टी धंस गई बताया जाता है कि फिलहाल दो जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है

अदालत ने दोनों पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है विशेष सीबीआई अदालत के जज संजय पांडे ने यह सजा सुनाई है

किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दी जायेगी सरकार पहले ही किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दे रही है

वहीं गरीबों का बिजली का बिल माफ किया गया है और हर गरीब को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया गया है पुतुल समारोह मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कल से पांच दिवसीय पुतुल समारोह की शुरूआत हो गई है

इसके अलावा पश्चिम बंगाल लखनउ नई दिल्ली के कलाकार धागा छड़ और दस्ताना शैली के साथ ही पुतली में नौ प्रयोगों को दिखाएंगे वहीं कल हुए कार्यक्रम में मणिपुर के दस कलाकारों ने कृष्ण कथाओं का प्रदर्शन किया

घायलों को कोतमा के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है